इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में दवाईयां ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की क्षमता मास्क सेनेटाइजर इत्यादि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में ऑक्सीजनयुक्त बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए जन प्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाना बहुत आवश्यक है और जन जागरूकता से ही वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है

मुख्यमंत्री प्रवास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमण्डल के प्रवास पर रहेंगे

बाद दोपहर बद्दी के किश्नपुरा में बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ विचार विमर्श का कार्यक्रम है

लेकिन सुबह से हो रही बर्फवारी से ये मार्ग एक बार फिर से बन्द हो गया है खराब मौसम व बर्फवारी को देखते हुए वाहनों को दारचा से आगे जाने से रोक दिया गया है पुलिस अधीक्षक मानव वर्मा ने बताया कि जब तक मौसम अनुकूल न हो दारचा से आगे वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण में वृद्धि लगातार जारी है

नवरात्र चैत्र नवरात्र के पांचवे दिन आज मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है मां का यह स्वरूप नारी शक्ति और मातृशक्ति का सजीव चरित्र है नवरात्र में इनकी पूजा अर्चना का विशेष विधान है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सीएम ने दिए वीकेंड लॉकडाउन और नाईट कफ़र्यू लगाने के संकेत दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल में वीकेंड नाईट कफ़र्यू नहीं जयराम सरकार ने फिलहाल खारिज किया प्रस्ताव ऊना सोलन की समीक्षा के बाद लेंगे फैसला दैनिक जागरण के शब्द हैं कोरोना मामले बढ़ते रहे तो लगेगा कफ़र्यु दैनिक भास्कर के अनुसार प्रदेश में अभी लॉकडाउन नहीं स्कूल खोलने की संभावना नहीं हिमाचल दस्तक लिखता है बाहर से लौटे हिमाचली भी कोविड टैस्ट कराएं

आपका फैसला की एक खबर है सोलन नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा